संयुक्त राष्ट्र महासभा के पचहत्तरवें अधिवेशन को कल संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता पर दिया बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा

प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई तिरासी दशमलव छः चार प्रतिशत सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई सत्तावन हजार छियासी

कल शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के पचहत्तरवें अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्वसंस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा उन्होंने कहा कि विश्व में आमूल परिर्वतन आ चुका है और अब दुनिया वह नहीं रह गई है जो उन्नीस सौ पैंतालिस में थी उन्होंने कहा कि तब से तीसरा विश्वयुद्व हालांकि नहीं हुआ है लेकिन कई लड़ाईयां गृहयुद्व और आतंकवादी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है श्री मोदी ने सवाल किया कि कोरोना महामारी के खिलाफ साझा युद्व में संयुक्त राष्ट्र कहां है उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इस लड़ाई का कारगर जवाब कहां है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पचहत्तर वर्षो में संयुक्त राष्ट्र ने कई बड़ी उपलबंधियां हासिल की हैं लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिन से उसके कार्यो पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव व्यक्स्थाओं में बदलाव स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है संयुक्त राष्ट्र का जो भारत में सम्मान है

उसके प्ररा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आप भारत के तोग चिंतित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसिजन मेंकिंग स्ट्रेक्वर्त्त से अलग रखा जाएगा श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अन्य देशों से साझेदारी हमेशा सिद्वांतों से निर्देशित रही है उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक देश के प्रति भारत की मित्रता किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत की दवा कम्पनियों ने द्निया के डेढ़ सौ से भी अधिक देशों को जरूरी दवाओं की सप्लाई जारी रखी

विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैशिक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं भारत की वैक्सीन प्रोडेक्शन और वैक्सीन डिलीकरी क्षमता पूरी मानक्ता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी

वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चौन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा श्री मोदी ने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति सुरक्षा और खुराहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत समूची विश्व अर्थव्यवस्था की ताकत को और मजब्रत करेगा उन्होंने कहा कि देश में महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं उन्होंने कहा कि देश में कानूनी सुधार करते समय उभयलिंगयिों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जा रही है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआइआर और न्यूज ऑन एआइआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डी डी न्यूज पी एम ओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका प्नः प्रसारण भी किया जाएगा

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना रोकथाम पर एक उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिविटी में उल्लेखनीय कमी है जो यह संकेत देता है कि संक्रमण को रोकने में प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर सिद्व हो रही है उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग का कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा है और इसे आगे भी इसी प्रकार जारी रखा जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ जनपद में कोरोना नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सोलह जनपदों में जहाँ कोरोना के सौ से ज्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है इन अधिकारियों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जारी किये जायें प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान चार हजार चार सौ इक्कीस नये कोरोना के मामले मिलने के बाद अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या सत्तावन हजार छियासी हो गयी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में नये मामले कम मिलने और मरीजों के ज्यादा संख्या में ठीक होने के कारण सक्रिय मामलों के संख्या लगातार घट रही है उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर तिरसी दशमलव छः चार प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में अब तक कुल पाँच हजार पॉच सौ सत्रह लोगों की कोरोना से मौत हुई है उन्होंने बताया कि कल एक लाख छप्पन हजार आठ सौ अठठाइस कोरोना नमूनों की जाँच की गयी और अब तक कुल चौरान्नबे लाख सढ़सठ हजार एक सौ छियासी सैम्पल की जाँच हुई हैं

इस कार्यकारिणी में बारह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आठ महासचिव तेरह राष्ट्रीय मंत्री के साथ साथ युवा मोर्चा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा किसान मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री रहे राजेश अग्रवाल को पार्टी का नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सांसद श्री राजक्मार चरण को किसान मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा सांसद विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा मुझे विश्वास है कि वे निःस्वार्थमाव और समर्पण के साथ भारत के लोगों की सेवा की हमारी पार्टी की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखेंगे